उन्होंने कहा कि सरकार गतिशील लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और उन लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है जिन्हें इसकी आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है क्योंकि वे संकट के इस काल में लगातार लोगों की सहायता कर रहा है

एक टवीट में श्री राजनाथ ने कहा कि बैठक में लोगों की कठिनाइयां कम करने और उन्हें राहत देने में मंत्रियों की भूमिका के बार में विचार किया गया है उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी में सीमित गतिविधियों की अनुमति देने संबधी दिशानिर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों की सराहना की गई मंत्रिसमूह की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रेल मंत्री पीयूष गोयल श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हिस्सा लिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकडों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए रोगियों का प्रतिशत बढ रहा है

क द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सीडीआरआई ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

समझौते के अनुसार प्रारंभ में लखनऊ स्थित प्रयोगशाला कुछ रोगियों के नमूनों से वायरस प्रजातियों को वर्गीकृत करेगी

एक टीम का गठन किया गया है जो इस बात का विश्लेषण कर रही है कि वायरस प्रजातियों में परिवर्तन का प्रस्तावित उपचार रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्णबंदी के दौरान अनाज और जल्द खराब होने वाली वस्तुओ को लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किया है

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियां चलती रहनी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर कृषि क्षेत्र के लिए छूट दी गई है किसान रथ ऐप से किसानों किसान उत्पाद संगठनों एफ पी ओ और देश की सहकारी संस्थाओं को फायदा होगा और उन्हें कृषि उत्पादों को खेतों से बाजार तक ले जाने के लिए समुचित परिवहन सूविधा का पता लगाने का विकल्प उपलब्ध होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले सभी श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में अनिवार्य रूप से मानदेय देने क निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित लोकभवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रमिकों के भुगतान के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने अधिकारियो से यह भी देखने को कहा कि शिक्षण संस्थानों चिकित्सालयों और कार्यालयों में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों आउटसोसिंग कर्मी जो लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो पाये ऐसे सभी कर्मचारियों के मानदय में भी कोई कटौती न की जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारियों को पांच सौ बारह करोड़ रूपये का भूगतान किया गया है वहीं पंजीकृत तेईस लाख श्रमिकों को भरण पोषण के लिये दो सौ छत्तीस करोड़ रूपये की सहायता राशि वितरित की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये टेस्टिंग प्रक्रिया को और तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिये सभी अट्ठारह मंडलों के चौबीस राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एक एक वायरोलॉजी लैब स्थापित किये जाये कोविड लैब टेस्टिंग के सन्दर्भ में वीडियो कान्फेसिंग के जरिये विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तेईस मार्च को प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या बहत्तर थी जो आज बढ़कर लगभग तीन हजार हो चकी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल संस्थानों का मात्र लैब टेस्टिंग तक सीमित न रहकर कोरोना वायरस के सन्दर्भ में रिसर्च तथा वैक्सीन की संभावनाओं पर भी कार्य करना होगा उन्होंने कहा कि किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पूल टेस्टिंग का कार्य शुरू हो चुका है

उन्होंने कहा कि इन जनपदों म लॉकडाउन की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेंगी सूचना एवं गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में पीलीभीत महराजगंज प्रयागराज और हाथरस जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गये हैं और शीघ्र ही बरेली और लखीमपुर खीरी जनपद भी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जायेंगे

उन्होंने कहा कि कोरोना मुक्त होने वाले जनपदों म जहां संक्रमण समाप्त हो गया है वहां ऐहतियात के तौर पर लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जिला प्रशासन पुलिस डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ और जन सामान्य के सहयोग के कारण सफलता मिली है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर आठ सौ उन्हत्तर हो गई है स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से संक्रमित छियासी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आये हैं वहीं प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण से अब तक चौदह लोगों को मृत्यु हुई है

राज्य का शिक्षा विभाग प्रदेश के एक करोड़ अस्सी लाख स्कूली छात्रों को ऑन लाइन शिक्षा मुहैया कराने जा रहा है मिशन प्रेरणा के तहत प्रदेश के शिक्षा विभाग की टीम दीक्षा ऐप के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने और शिक्षकों की क्षमता बढाने पर काम कर रहा है

मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत कक्षा एवं विषय सम्बंधित संप्रर्ण डिजिटल सामग्री अब रेडियो ज्ट मोबाईल ऐप व्हाट्सऐप के जरिये बच्चों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाई जाएगी

सुशील चन्द तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ गृह मंत्रालय ने कल भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण फंसे विदेशी नागरिकों के नियमित और ई वीजा की अवधि तीन मई तक बढ़ा दी है गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को छोड़कर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के वीजा तीन मई तक निलंबित रहेंगे गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के बाद भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय द्वारा दूतावास सेवाएं प्रदान करने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने को कहा है आरोग्य सेतु आईवीआरस मान लीजिए ये तो आरोग्य सेतु स्मार्ट फोन में आएगा जिनका फीचर फोन है उनके लिए क्या करेगा वो मिस्डकॉल देगा तो सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा यही सारी चीजें

उन्होंने कहा कि भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में विश्व का मार्गदर्शन किया है